देश में कुल सकिय मामले दो दशमलव नौ प्रतिशत है इधर प्रदेश में कोरोना संकमण के कुल मामलों की संख्या तीन लाख के करीब पहुंच गई है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिये लोगों को वर्षा जल बचाने की तकनीकों से अवगत कराया जाएगा साथ ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा

इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में दस दस हजार रूपए जमा होंगे

यह योजना केन्द्र सरकार की फलैगशिप योजना है जिसमें देशभर से स्कूली विद्यार्थियों के ऐसे सबसे अच्छे मौलिक और सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं तथा उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं

इस दौरान अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई श्रीमती बेनीवाल ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए

यह दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु ने रामानुजन को श्रद्धांजलि दी है श्री नायडु ने एक ट्वीट में कहा है कि गणित के क्षेत्र में रामानुजन का योगदान सदैव सबको प्रेरित करता रहेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रामानुजन को श्रद्वांजलि अर्पित की है

माउंट आबू में आज पारा माइनस दो डिग्री से बढ़कर जमाव बिन्दू पर पहुंच गया है